ब्रिक्स देशों के कारोबारी प्रमुख व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और न्यू डवलपमेंट बैंक नाम के नये बैंक के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के बारे में चर्चा करेंगे

इस साल क ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय आर्थिक विकास और अभिनव भविष्य है प्राथमिकता के क्षेत्रों में विज्ञान टैक्नोलॉजी और नवाचार डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग एक देश में अपराध करके दूसरे देश में चले जाने वालों से निपटने और काले धन को सफेद करने जैसे मुद्दे शामिल हैं ब्रिक्स देश आतंकवाद से निपटने में सहयोग पर भी चर्चा करेंगे जो इस साल का प्राथमिकता का विषय है

इस पोर्टल और एप के माध्यम से प्रदेश के सभी गन्ना किसानों को गन्ना सर्वेक्षण बेसिक कोटा सट्टा गन्ना कलैडंरिंग पर्चियों के निर्गमन और गन्ना आपूर्ति से संबंधित जानकारी एकीकृत रूप से उपलब्ध हो जायेगी इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार गन्ना किसानों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है और इसके लिये कई योजनाएं चालू की है

उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्ष में गन्ना विक्रय के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है घटतौली तथा गन्ना पर्ची मिलने में परेशानी को दूर किया है उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को छिहत्तर हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है श्री योगी ने कहा कि जब तक खेत में गन्ना है तब तक पेराई के लिये मिले चलती रहेंगी राज्य के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आरभूस रेड्डी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह पोर्टल और एप किसानों की समस्या के त्वरित समाधान के लिये बनाया गया है जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सहजता के साथ उनके गन्ने की पेराई हो सके इस सुविधा के शुरू हो जाने से किसानों को यह सभी जानकारियां घर बैठे मिल सकेंगी

इसके अन्तर्गत आलेख प्रकाशन आगामी सोलह दिसम्बर को किया जायेगा तथा अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष सात फरवरी को होगा इस अवधि में समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो से संबंधित मतदान केन्द्रों निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाता सूची का निरीक्षण कर निःशुल्क पंजीकरण कराया जा सकता है

फोटो पहचान पत्र बनाने के लिये एक फोटो निवास और आयु संबंधी सबूत प्रस्तुत करना होगा अयोध्या में राम जन्म भूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिये एक ट्रस्ट का गठन करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में केन्द्र सरकार ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिये हैं इस बीच विश्व हिन्दू परिषद ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस ट्रस्ट में शामिल किये जाने का आग्रह किया है विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने अयोध्या में आशा व्यक्त की कि ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण राम जन्म भूमि न्यास द्वारा तैयार डिजाइन के अनरूप ही करेगा

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस ट्रस्ट में शामिल करना चाहिये उधर साधु संतो की जानोमानी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेन्द्र गिरि ने भी राम मंदिर के बनने वाले ट्रस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल करने की मांग की है उन्होंने कहा है कि राम मंदिर आन्दोलन में गोरक्ष पीठ के महंत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरू अवैधनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहा है उन्होंने कहा कि श्री योगी को मुख्यमंत्री के अधिकार से नहीं अपितु गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर की हैसियत से मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिये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

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि बिना जन सहभागिता के शासकीय प्राथमिक शिक्षा को सुधार पाना कठिन कार्य है उन्होंने गुजरात के रोल मॉडल क आधार पर विद्यालयों और भवनों के निर्माण में जन सहयोग की अपील की वह आज सुल्तानपुर में प्राथमिक शिक्षा जाग्रति अभियान के अन्तर्गत एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रदेश ही नहीं देश भर में प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिये जिम्मेदार नागरिकों को प्रेरित करेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन विद्यालया के उन्नयन के लिये एक बड़ा बजट खर्च करती है इसके बावजूद यहां संसाधनों का अभाव महसूस किया जाता है उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों को जन सहयोग के माध्यम से जरूरी संसाधन उपलब्ध करा कर यहां शैक्षिक उत्थान किया जा सकता है श्रीमती पटेल ने निजी शिक्षण संस्थानों से साप्ताहिक छूट़टी रविवार के दिन शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को अपने वाहनों से भ्रमण पर भेजने का आग्रह किया उन्होंने बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा करने के लिये आलेखन चित्रकला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन की आवश्यकता बताई इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने अभिभावकों से प्राथमिक स्कूलों में जाकर भावनात्मक रिश्ता बनाने और मां समितियों से स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का परीक्षण करने का अनुरोध किया प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले और राज्य स्तर पर सबसे अधिक जीएसटी भुगतान करने वाले दस व्यक्तियों को सम्मानित करेगी सरकार ने पंजीकृत जीएसटी भुगतानकर्ताओं के लिए दस लाख रुपये का बीमा लाभ देने का भी निर्णय किया है सरकार शीघ्र ही उनके लिए पेंशन का भी प्रावधान करेगी एक रिपोर्ट राज्य सरकार वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रह बढ़ाने के लिए कई कदम उठायेगी और इसका मकसद है कि राज्य में सालाना राजस्व संग्रह एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सके कल शाम वाणिज्य कर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी समदाय को जीएसटी पंजीकरण के फायदे बताये जाने के लिए एक जागरुकता अभियान भी छेड़ने को कहा जिसमें व्यापारियों को रिर्टन भरने के तरीके की भी जानकारी दी जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी भी और अधिक व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकृत कराये जाने की जरूरत है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिये राज्य में कृषि अवशेष पराली जलाने के मामलों में काफी सख्ती बरत रही है कुशीनगर के हाटा तहसील के गांव जोहलपुरवां में एक किसान द्वारा पराली जलाये जाने पर उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी ने ढाई हजार रूपये का जुर्माना लगाते हुए उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने का अनुरोध किया बाइट क्षेत्रीय भ्रमण पर मैं निकला तो जोहलापुरवां में एक किसान अपने खेत में पराली जला रहा था

पराली प्रतिबंधित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बार बार प्रचार करने के बावजूद भी जोहलपुरवां से शिकायत आ रही थी

उधर हमीरपुर जनपद में तहसीलदार और जिला कृषि अधिकारी द्वारा पराली जलाने की शिकायतों का कई गांवों में निरीक्षण किया गया

प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि एक साल के भीतर प्रदेश की सभी कचेहरियों को टीनशेड से मुक्त कर वकीलों के चैम्बर बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि इसके लिये प्रदेश सरकार ने बजट में करोड़ों रूपये की व्यवस्था की है

उन्होंने कहा कि राज्य में श्री योगी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान सिविल जज के एक हजार एससी एसटी एक्ट कोर्ट के लिये पच्चीस और पारिवारिक न्यायालय के लिये एक सौ पच्चीस पदों पर नियुक्ति की गई है उन्होंने बताया कि बीते तीन सालों में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लगभग एक हजार राजनैतिक मुकदमे वापस लिये हैं